सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती शुरू हुई और परिणाम दोपहर बाद आने की उम्मीद है निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं मतगणना के लिए सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है

उधर मेघालय और नगालैंड में मंगलवार को मतदान कराया गया

सभी जिला मुख्याणलयों में एक एक मतगणना केन्द्र बनाया गया है

इनमें पांच महिला उम्मीदवार शामिल हैं वित्त आयोग वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिये अगले महीने से राज्यों से बातचीत शुरू करेगा ये बातचीत अरुणाचल और जम्मू कश्मीर से होगी आयोग राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर राजस्व की हिस्सेदारी देता है

दलाई लामा भारत ने कहा है कि दलाईलामा के प्रति उसका नजरिया स्पष्ट और अटल है पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दलाईलामा एक प्रज्यनीय धर्म गुरू हैं और भारत के लोगों की उनके प्रति काफी श्रद्धा है श्री कुमार ने कहा कि दलाईलामा को देश में किसी भी स्थान पर अपनी धार्मिक गतिविधियां चलाने की आजादी है

इसके लिए अधिकृत बैंको की शाखाओं में आज से पंजीकरण कराया जा सकता है पहले यात्रा कर चुके श्रद्धालु भी इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट श्री अमरनाथजी श्राइन डॉट कॉम पर उपलब्ध है

इस ट्र्नामेंट में छह देशों भारत मेजबान मलेशिया मौजूदा चौम्पियन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना और आयरलैंड की टीमें भाग लेंगी भारत मौजूदा समय में विश्व में छठे नम्बर पर है श्रूआती राउंड रोबिन मैच में आज दोपहर बाद भारतीय टीम का मुकाबला विश्व में दूसरे नम्बर पर अर्जेंटीना की टीम से होगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा आज होने वाले अन्य मैचों में दिन में साढ़े तीन बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से और शाम छह बजे मलेशिया का सामना आयरलैंड से होगा निशानेबाजी मैक्सिको के गुवादालाजारा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ विश्वकप प्रतियोगिता के पहले दिन आज भारतीय निशानेबाज जीतू राय अपूर्वी चंदेला और मेहली घोष मैदान में होंगे

संयुक्त विश्वकप के पहले दिन दो फाइनल खेले जाएंगे जिसमें राइफल पिस्टल और शॉटगन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे दुर्घटना सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में कल तीन सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से द्र्घटनाग्रस्त हो गए हैं सुबह होली मनाने घर से निकले दम्पति को मोटर साइकिल से गिरने पर गंभीर चोटे आई हैं

वहीं दो स्कूटी सवार युवकों ने स्थानीय गोंदपुर में ट्रक यूनियन के समीप एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए चारों घायलों को गंभीर हालत के चलते नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया गया है बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं व जमा दो कक्षाओं के नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय की मिडल मैट्रिक और जमा दो कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं छह मार्च से शुरू होंगी बोर्ड के एक प्रवक्ता ने धर्मशाला में बताया कि सभी विद्यालयों को परीक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं

हालांकि इस वर्षा से तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है